उन्होंने कहा कि यह जानना उनका अधिकार है कि सरकारी सेवायें किस तरह पहुंचाई जा रही हैं तथा लोक निर्माण और कल्याणकारी कार्यक्रम किस तरह चलाये जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास के सामाजिक अनुबंध को और मजबूत करता है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 उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की बर्बदी पर अंकुश लगाने के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश और तूफान से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर वहां के ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों के फसल नुकसान के दावों का अड़तालीस घंटे में निस्तारण कर बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें श्री योगी ने यह निर्देश भी दिया है कि इस प्राकृतिक आपदा से जान माल की क्षति का आंकलन किया जाये और प्रभावितों को राहत राशि दैवीय आपदा मद से फौरन उपलब्ध कराई जाये उन्होंने सहारनपुर के मण्डलाय्क्त और राज्य के राहत आयक्त को राहत कामों की निगरानी प्रभावी ढंग से करने को भी कहा है हमारे लखनऊ संवाददाता के अनुसार कल प्रदेश के कई पश्चिमी और तराई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई क्षेत्रों में फ़सलों को नुक़सान पहुंचा है इनमें सहारनपुर और मुज़फ्फरनगर ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी इलाका पेयजल के अभाव से नहीं जूझेगा और गांव गांव तक साफ़ पानी पहुंचाया जायेगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ इलाक़ों में पानी दूषित खारा आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त है ऐसे क्षेत्रों में शुद्व पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है इलाहाबाद में आयोजित कुम्भ मेले के लिये प्रदेश स्तर पर पांच हजार पांच सौ बसें संचालित की जायेंगी फैजाबाद क्षेत्र में दो सौ साठ बसों को मेले में लगाया जायेगा यह जानकारी उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के फैजाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेन्द नाथ ने दी है उन्होंने बताया कि फैजाबाद क्षेत्र में इसके लिये ग्यारह बस अड्डे चिन्हित किये गये हैं ये बस अड्डे हैं फैजाबाद अयोध्या गोण्डा बस्ती जगदीशपुर कादीपुर अमेठी सुल्तानपुर अकबरपुर कदमपुर और राजेसुल्तानपुर बसों का संचालन ग्यारह जनवरी से शुरू होकर मौनी अमावस्या के स्नान तक जारी रहेगा शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्वालू शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मॉ भगवती के तीसरे स्वरूप मॉ चन्द्रघण्टा की प्रचा अर्चना कर रहे हैं सभी देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्याचल धाम में तीन दिनो से चल रहे शारदीय नक्रात्र मेले मे दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है पूरा विन्य धाम भक्तों के जयकारे से गूंज रहा है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मेला प्रारम्भ होने से अब तक दस लाख से भी अधिक श्रद्धालु मां विस्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके हैं आज मेले में बिहार मध्यप्रदेश झारखंड और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या मे श्रद्धाल पहंचे हुए हैं उधर नेपाल सीमा से लगे बलरामप्र जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे हैं सीतापुर जिले के नैमियषारण स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकुम्मरी देवी मंदिर पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है वाराणसी के दुर्गाकुण्ड में श्रद्वालु पूजा अर्चना कर रहे हैं गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र स्थित मॉ तरकुलहा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और लोग मॉ की पूजा अर्चना कर रहे हैं